विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशी के पक्ष में रैलियों और जनसभाओं को सम्बोधित कर रहे हैं इस चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तेरह सीटों पर आगामी उन्नीस मई को वोट डाले जायेंगे ये सीटें हैं महराजगंज गोरखपुर कूशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जाप्र और राबर्ट्सगंज इस चरण की संसदीय सीटों पर सभी दलों के कई दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से विभिन्न पार्टियों के दिग्गज और स्टार प्रचारक लगातार रैलियां और जनसभाए संबोधित कर रहें है

यहां जिन प्रमुख उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य तय होगा उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री वाराणसी में केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर में अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पांडे चंदौली में फिल्म अभिनेता रवि किशन गोरखपूर में कांग्रेस के आरएनपी सिंह क्शीनगर में शामिल हैं आकाशवाणी समाचार के लिए देवरिया सें मैं मुलतान सिहं यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और बसपा के प्रमुखों ने हमेशा खुद के विकास के लिये काम किया है जनता के विकास से उनका कोई लेना देना नही है मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र के जीतपुर में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश में विकास की प्रक्रिया को अनवरत जारी रखने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक बार फिर प्रधानमंत्री बनना जरूरी है गोरखपुर में ही आज सपा बसपा गठबंधन की ओर से एक चुनावी रैली का आयोजन किया गया जिसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सम्बोधित किया रैली को सम्बोधित करते हुये अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और कॉंग्रेस की कार्यशैली में कोई फर्क नही है इसलिये दोनों से साक्वान रहने की जरूरत है उन्होंने कहा कि गठबंधन की आंधी चल रही है और उससे कोई बचने वाला नही है बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि कॉग्रेस पार्टी को अपने गलत कार्यप्रणाली की वजह से केन्द्र की सत्ता से हाथ धोना पड़ा था वर्तमान में भाजपा को भी गलत कार्यप्रणाली की वजह से जनता केन्द्र की सत्ता से बाहर कर देगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब और मध्यम वर्ग को जो सपना दिखाया था उसका एक चौथाई भी पूरा नही हो सका है उधर वरिष्ठ कॉग्रेस नेता गुलाम नवी आजाद ने आज गोरखपुर में कहा कि इस बार देश में परिवर्तन होगा भाजपा की सरकार केन्द्र में नही आ सकेगी उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग वाली वह याचिका खारिज कर दी जिसमें रमजान के महीने और भीषण गर्मी को देखते हुए लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में मतदान का समय सुबह साढ़े पांच बजे से शुरू करने की बात कही गई थी न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है और मतदाता सुबह मतदान कर सकते हैं न्यायालय ने कहा कि मतदान का समय बढ़ाने से निर्वाचन आयोग को कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं

आज नई दिल्ली में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल गरीबी उन्मूलन शहरी ग्रामीण भेदभाव को कम करने और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए नये और व्यवहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है उच्चतम न्यायालय केन्द्र सरकार की उस याचिका की सुनवाई करने पर सहमत हो गया है जिसमें दो हजार अट्ठारह बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के काडर आवंटन को समाप्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है मामले की सुनवाई सत्रह मई को होगी प्रदेश में अलग अलग हुयी सड़क दुर्घटनाओं में आज बारह लोगों की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य घायल हो गये मुरादाबाद जिले के डिलारी क्षेत्र में हुये एक सड़क हादसे में दो बच्चों सहित छः लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया है कि दुर्घटना ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट जाने से हुयी दुर्घटना के शिकार लोग एक जन्मदिन समारोह में शामिल होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे बुलंदशहर के रिकार रोड पर आज एक कंटेनर कार से मिड़ गयी जिससे कार में सवार दो लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये गाजीपुर के नंदगंज क्षेत्र में आज कुंए की सफाई करने उतरे चार मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत होने की खबर है